उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने आज कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सभी देशों को इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए मिलकर लड़ने की जरूरत है नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विश्व को सुरक्षित बनाने और शांति कायम करने में भारत के दृष्टिकोण पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही श्री नायडू ने कहा कि उग्रवाद आतंकवाद साम्प्रदायिकता महिलाओं के प्रति हिंसा आर हिंसक व्यवहार के किसी भी स्वरूप के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए आज नई दिल्ली में तेल कंपनियों के प्रमुखों से भेंट की ये मुलाकात एक ऐसे समय में हुई है जब देश के चार प्रमुख महानगरों में इंधन के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं दुनिया भर में खनिज तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से परिवहन के काम आने वाले ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तेल के मूल्यों में आबकारी शुल्क में एक रूपये पचास पसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था इसके साथ ही तेल की बिक्री करने वाली सरकारी कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कोमतों में एक रूपये प्रति लीटर की कमी की पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बैठक में भाग लिया गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि गुजरात के विकास में उत्तर प्रदेश के लोगों का अहम योगदान है

उन्होंने कहा कि गुजरात में किसी भी राज्य विशेषकर उत्तर भारतीयों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता श्री रूपानी ने गुजरात में हाल में हुई छिटपुट हिंसक घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों में राजनैतिक फायदा लेने के उद्देश्य से उत्तर भारतीयां के खिलाफ हिंसा को भड़काने का प्रयास किया है लेकिन वहां देश के सभी भागों के लोग सुरक्षित है और शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे हैं श्री रूपानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों के बीच एक विशेष स्नेह का भाव मौजूद है श्री रूपानी ने प्रदेशवासियों को स्टेचू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गुजरात आने का आमंत्रण भी दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी इकतीस अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण करेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में सूरत अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में रह कर गुजरात के विकास में भागीदारी कर रहे हैं वे वहां न सिर्फ़ गर्व के साथ अपनी जीविकापार्जन करते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिकी में भी योगदान कर रहे हैं श्री योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व का जिक्र करते हुए कहा कि वह आधुनिक भारत के शिल्पी थे अखंड भारत की स्थापना में उनके योगदान को भूलाया नहीं जा सकता

भारत के एकात्मकता के लिए भारत की अखंडता के लिए आपने देखा होगा

संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को बाडबैंड से जोड़ने का काम तेज़ी से जारी है श्री सिन्हा आज नई दिल्ली में इस परियोजना को संचालित कर रही कम्पनी भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के नवनिर्मित कार्यालय का उदघाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार की इस अग्रणी योजना का उद्देश्य दश के हर भाग में ई गर्वनेंस ई एज्ञकेशन ई बैंकिंग सहित नागरिकों को अन्य सेवाएं देने में मदद करना है श्री सिन्हा ने बताया कि परियोजना का लगभग पचास फोसद काम पूरा हो गया है और शेष अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम एक असाधारण गुरू अदभुत प्रेरक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना सारा जीवन एक विकसित भारत के सपने को मूर्तरूप देने के कार्य में लगाया

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवद्वन सिंह राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वज्ञानिक के साथ साथ एक स्वप्नदृष्ट नेता थे प्रदेश भर में दुर्गा पूजा समारोह का उत्साह देखने को मिल रहा है नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान के छठें दिन आज षष्ठी पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में पूजा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम जारी है इस बीच देवीपाटन विन्ध्याचल और नैमिषारण्य स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है जहां वे माँ दुर्गा के छठें स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन पूरे भक्तिभाव से कर रहे हैं प्रदेश सरकार ने अशोक चक्र कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से प्रस्कृत नागरिकों को दी जाने वाली एकमुश्त और सालाना धनराशि बढ़ा दी है लखनऊ में जारी शासनादेश के अनुसार अशोक चक्र से अलंकृत नागरिकों को मिलने वाली रक़म पच्चीस लाख रूपये से बढ़ा कर साढ़े बत्तीस लाख रूपये कर दी गई है और सालाना धनराशि एक लाख छप्पन हजार रूपये कर दी गई है इसी तरह कीर्ति चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को अब एकमुश्त साढ़े उन्नीस लाख रूपये और वार्षिकी एक लाख तीस हजार रूपये मिला करेगा शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों को एकमुश्त धनराशि के रूप में तेरह लाख रूपये और वार्षिकी के तौर पर पैंसठ हजार रूपये दिये जायेंगे अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और अधिक समृद्धि दने के उददेश्य से आयोजित तीन दिवसीय अयोध्या कला महोत्सव कल देर रात सम्पन्न हो गया इन तीन दिनों में नगर की तकरीबन सौ दीवारों पर विभिन्न राज्यों से आये एक सौ पचास चित्रकारों ने रामायणकालीन दृश्यों को उकेरा इस अवसर पर रामायणकालीन प्रसंगों की आकर्षक और प्रभावशाली चित्रकारी के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ चित्रों को पुरस्कृत किया गया आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि इस चित्रकारी से धार्मिक नगरी में आते ही राम की अयोध्या का अवलोकन होगा और सहजता से राम के दर्शन होंगे उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में आने वाले पर्यटकों के लिए यह चित्रकारी आकर्षण का केन्द्र बनेगी कार्यक्रम में रामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानन्द मुनि भी शामिल हुए